इसके साथ ही अब तक तीन आरोपी गिरफ्तार किये जा चुके है फरार दो आरोपियों की तलाश की जा रही है उधर राज्य सरकार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक राजीव पचार को एपीओ और थाना प्रभारी सरदार सिंह को निलंबित कर दिया है इसके अलावा चार पुलिसकर्मियों को भी लाईन हाजिर किया गया है फरार आरोपियों की तलाश में उप अधीक्षक स्तर के पुलिस अधिकारियों की टीम जुटी हुई है आरोपियों की तलाश में पुलिस टीमों को अन्य राज्यों में भेजा गया है

इस मामले को लेकर प्रदेष में सियासत भी तेज हो गयी है

भाजपा ने इस मामले में मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की है भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मदन लाल सैनी ने आज पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इस मामले में पुलिस अधीक्षक पर कार्रवाई करके पूरी सरकार बरी होना चाहती है

इस समिति में राज्यसभा सांसद रामकुमार वर्मा राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष सुमन शर्मा तथा राज्य वित्त आयोग की पूर्व अध्यक्ष डॉ ज्योति किरण शुक्ला थे

आज संवाददाताओं से बातचीत में श्री पायलट ने कहा कि आरोपी किसी भी स्थिति में बच नहीं पायेंगे और उन्हें कडी सजा मिलेगी

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के आयुक्त प्रदीप क्मार बोरड़ ने बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर बालसभाओं के आयोजन से विद्यार्थियो की सुजनात्मक क्षमता में बढोतरी होगी बालसभाओं में शैक्षिक सह शैक्षिक क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को प्रस्कृत किया जाएगा बाल सभाओं में सभी विभागों की सहभागिता तथा राजीव गांधी कैरियर पॉर्टल के बारे में विशेष रूप से जानकारी देने के बारे में निर्देश दिए गए हैं

नाबालिगों के परिजनों को नोटिस देकर पाबंद किया गया अजमेर में जिला प्रशासन की सजगता से चार नाबालिग लड़कियों का विवाह रूकवाया गया अजमेर जिले के पीसांगन के गांव मुकृंजी की ढाणी स्थित एक परिवार में मुत्य भोज की आड में चार नाबालिग लडकियों का विवाह कराने की पुलिस को सूचना मिली थी इस पर पुलिस और तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर बच्ची के पिता को हिरासत में ले लिया और संबंधित न्यायालय में पेश कर शादी नही करने के लिये पाबंद किया इस बीच बुंदी जिले में तीन स्थानों पर बाल विवाह रूकवाये गये

इस शिविर में बाल विवाह से होने वाले द्वष्परिणामों के बारे में स्टाफ विद्यार्थियों और आम लोगों को अवगत करवाया गया

उत्तराखंड की चारधाम यात्रा कल से शुरू हो गई है कल अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम तीर्थयात्रियों के लिए खोल दिए गए

चारधाम यात्रा पर आने वाले लोगों के लिए सरकार और प्रशासन ने सभी आवश्यक प्रबन्ध किए हैं

यह फिल्टर खून चढ़ाये जाने से पहले बीटी सेट पर लगेगा इससे रोगग्रस्त बच्चों को एलर्जी बुखार और रक्त संक्रमण से बचाया जा सकेगा प्रत्येक बच्चे को महीने में करीब दो बार खून चढ़ाया जाता है

वर्तमान में रोगी को बाजार से पांच सौ से सात सौ रुपए देकर ये फिल्टर खरीदना पड़ता है विश्व थैलेसीमिया दिवस पर झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें इस रोग और प्रभावित रोगियों को रक्तदान सहित कई जानकारियां दी गई

परिषद के सभापित के के गुप्ता ये पुरस्कार ग्रहण करेंगे

कोटप्रतली के पास एक रोडवेज बस के पलट जाने से करीब दस यात्री घायल हो गये

पूरे विश्व में रेडक्रॉस द्वारा किये गये अच्छे कार्यों को उजागर करने के लिए हर वर्ष आज के दिन यह दिवस मनाया जाता है इसका उद्देश्य उन कार्यकर्ताओं के बलिदान को याद करना भी है जिन्होंने समय पर लोगों को अपनी सेवायें दीं यह दिन अन्तर्राष्ट्रीय रेडक्रॉस समिति के संस्थापक हेनरी इनान्ट की जयंती के उपलक्ष्य में भी मनाया जाता है

इस बैठक में संबंधित मंत्रालयों और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया

हनुमानगढ के टाउन क्षेत्र में पुलिस ने आज तीन युवकों को अवैध रूप से हथियार रखने के आरोप में गिरफतार किया है

लू और तेज धूप ने लोगों को दोपहर में घरों में रहने पर मजबूर कर दिया है

विभाग के निदेशक शिव गणेश ने बताया कि इसके अलावा बाकी स्थानों पर मौसम श्रष्क रहेगा